कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढकर दो लाख इक्कीस हजार चार सौ नवासी हो गई है अब तक अठहत्तर लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है राज्य में अभी पचपन हजार से अधिक एक्टिव केस हैं राज्य में अब तक दो हजार पांच सौ चालीस लोगों की मौत कोरोना से हुई है राज्य में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित रांची में छियासठ हजार एक सौ सतहत्तर हैं जबकि पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या इकत्तीस हजार नौ सौ छियानबे है धनबाद और बोकारो जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या ग्यारह हजार से अधिक है वहीं हजारीबाग जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या दस हजार से ज्यादा और कोडरमा तथा रामगढ जिले में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या आठ हजार से ज्यादा है कोविड राज्य में कोरोना संकमितों की बढती संख्या को देखते हए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को बढाकर छह मई तक कर दिया गया है राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौषल ने कहा है कि लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की गंभीरता को समझना चाहिए इस दौरान लोग अपने घर में ही रहें और बेवजह बाहर न निकले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिये निर्देष में कहा है कि जरूरी कार्यो के लिए आवागमन पर कोई पाबंदी नहीं लगायी गयी है राज्य में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान घर से बाहर निकलने के लिए किसी तरह का पास नहीं बनेगा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 श्री सोरेन ने कहा कि टीका की आपूर्ति होते ही राज्यवासियों को निशुल्क कोरोना का टीका लगाया जाएगा पंचायत के मुखिया के साथ कल डिजिटल माध्यम से संवाद करते हुए कहा कि श्री सोरेन ने कहा कि टीकाकरण सुनिष्चित करना सरकार की प्राथमिकता है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कल बिना किसी तकनीकी बाधा के काम किया मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कोविन प्लेटफॉर्म के क्रैश हो जाने की मीडिया में आ रही खबरें निराधार हैं मंत्रालय ने कहा कि ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि प्रणाली बिना किसी व्यवधान के काम कर रही है मंत्रालय ने कहा कि कोविन सॉफ्टवेयर मजबूत विश्वसनीय और कुशल तकनीक है और इससे किसी भी स्थान से किसी भी समय टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है मंत्रालय ने कहा कि इस विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म को डिजाइन करते समय इसकी गति और बड़े पैमाने पर कार्यक्षमता को ध्यान में रखा गया है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के पास अभी भी एक करोड छह लाख से अधिक वैक्सीन बची हैं

मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अगले तीन दिनों के भीतर बीस लाख से भी ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएंगी भारत बायोटैक ने राज्य सरकारों के लिए कोवैक्सीन टीके की कीमत कम कर दी है अब राज्य सरकारों को पहले घोषित प्रति डोज छह सौ रुपये की बजाय चार सौ रुपये देने होंगे भारत बायोटैक ने कहा है कि यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्यव्यवस्था के सामने कई चुनौतियों को देखते हुए किया गया है निजी अस्पतालों के लिए कोवैक्सीन की कीमत एक हजार दो सौ रुपये प्रति डोज होगी

इससे पहले राज्यों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत भी चार सौ रुपये से घटाकर तीन सौ रुपये कर दी गईथी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के हल्के लक्षणों और लक्षणविहीन रोगियों के घर में पृथकवास के बारे में संशोधित दिशा निर्देशजारी किए हैं उपचार की दृष्टि से हल्के लक्षण या लक्षण रहित संक्रमित व्यक्ति का े घर में ही प्रथक रखने की अनुशंसा की गई है

ऐसे रोगियों को घर में अलग रखकर उपचार की अनुशंसा की जाएगी मंत्रालय ने कहा है कि एचआईवी संक्रमित अंग प्रत्योरोपित व्यक्ति और केंसर का उपचार करा रहे रोगियों को घर में पृथक रखने की अनुशंसा उनका उपचार करा रहे चिकित्सा अधिकारी द्वारा भलीभांति जांच के बाद ही की जाएगी

इसका विकास केन्द्रीय आयुर्वैदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किया है

आयुषमंत्रालय और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने इसकी प्रभावकारिता और सुरक्षा के बारे में मल्टी सेंटर क्लीनिकल परीक्षण पूरा कर लिया है

राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं को आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक व्हाट्सएप हेल्यलाइन नंबर शुरू किया है

आयोग में एक समर्पित टीम शिकायतों को जल्दी निबटाने के लिए दिन रात काम कर रही है

भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ट अधिकारी श्री पुष्पवंत का आज आकस्मिक निधन हो गया श्री पुष्पवंत कई दिनों से कोरोना से संक्रमित थे आज सुबह नोएडा के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होने अंतिम सांस ली श्री प्रष्पवंत आकाषवाणी रांची में कई वर्षो तक संमाचार संपादक के पर पर पदस्थापित रहे श्री प्रष्पवंत सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आकाशवाणी और द्रदर्षन के अलावा कई विभागों में अपनी सेवाए दी है वर्तमान समय में श्री पुष्पवंत दिल्ली स्थित आरएनआई में अस्सिटेंट प्रेस रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थापित थे श्री पुष्पवंत के आकसमिक निधन पर भारतीय सूचना सेवा और आकाषवाणी रांची के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने गहरी शोक संवेदना प्रकट की है

चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि इन ऑक्सीजन कसेंट्रेटर्स को जल्द से जल्द खरीदा जाना चाहिए और उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों को भेजा जाना चाहिए सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा का निधन हो गया है उन्हें पिछले सप्ताह सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत के बाद जमशेदपुर के टीएमएच में दाखिल कराया गया था

यह निर्णय सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ एनएससी जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर में चालू तिमाही में कोई बदलाव नहीं करने के सरकार के पहले के फैसले की तर्ज पर लिया गया है राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने पष्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के एक्जिट पोल को पहले पन्ने पर जगह दी है प्रभात खबर ने शीर्षक दिया है पष्चिम बंगाल में भाजपा और तृणमुल में कांटे की टक्कर अखबार ने राज्य सरकार और ड्रग्स कंट्रोलर को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश को ष्वीर्षक दिया है ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कालाबाजारी को तुरंत रोंके अखबार ने मुख्यमंत्री के बयान को पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दिया है शीर्षक है टीका मिलते ही अठारह से अधिक उम्र वाले लोगों का होगा टीकाकरण दैनिक भास्कर ने बंगाल एक्जिट पोल की खबर को शीर्षक दिया है बंगाल में एक्जिट पोल भी भ्रम में दो मई को पत्ते खोलेगा पष्विम बंगाल भास्कर ने भारत बायोटेक द्वारा राज्यों के लिए कोवैक्सिन के मूल्य को चार सौ रूप्ये करने की खबर को भी प्रमुखता से प्रकाषित किया है दैनिक हिन्दुस्तान ने एक्जिट पोल की खबर को शीर्षक दिया है पष्चिम बंगाल के कड़े मुकाबले में ममता को बढ़त हिन्दुस्तान ने भाजपा के पूर्व प्रदेष अध्यक्ष लक्ष्माण गिलुवा के निधन की खबर को भी प्रमुखता से प्रकाषित किया है दैनिक जागरण ने एक मई से अठारह वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण की खबर को शीर्षक दिया है तैयारी तो पूरी लेकिन वैक्सीन नहीं दैनिक जागरण ने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले से संबधित खबर को शीर्षक दिया है पांच हजार नौ सौ एकसठ नए मामले संक्रमितों की संख्या पचपन हजार के पार हिन्दुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक्जिट पोल की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाषित किया है